सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला सुना सकता है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट बतायेगा कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में बीस जुलाई को सुनवाई प्री करते हुये अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कानूनविदों के अनुसार इस फैसले का राम जन्म भूमि मालिकाना हक के मुकदमे पर भी असर हो सकता है केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए पचपन सौ करोड़ रूपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की हुई बैठक में यह फैसला किया गया राहत पैकेज में परिवहन सब्सिडी गन्ने की लागत भरपाई और चीनी निर्यात को सुगम बनाने के प्रावधान किये गये हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अस्तित्व खत्म हो गया है केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में लाये गये अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने मंजूरी दे दी है अध्यादेश के अनुसार एमसीआई का काम काज सात सदस्यों की समिति ने संभाल लिया है यह समिति संसद द्वारा नये आयोग के गठन के लिए विधेयक पारित किए जाने तक एमसीआई का संचालन करेंगी केन्द्र सरकार ने राज्यों से मॉब लिंचिंग से संबंधित कानून के बारे में आम लोगों को जागरूक करने को कहा है गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में राज्यों को कहा गया है कि वे आम लोगों को इस बात की जानकारी दें कि ऐसी घटनाओं में शामिल होने पर गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि संबंधी विवादों में कमी लाने के लिये प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को नियमित रूप से कोर्ट लगाने का निर्देश दिया है पटना में राजस्व पर्षद की बैठक में श्री कुमार ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर हर पन्द्रह दिन पर ऐसे मामलों की समीक्षा करने को कहा श्री कुमार ने कहा कि अंचलाधिकारी और संबंधित थाना के प्रभारी भी सप्ताह में एक दिन बैठक करें ताकि भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो सके श्री कुमार ने राजस्व पर्षद को ऐसे मामलों की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पन्द्रहवें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ाने की मांग की जाएगी श्री मोदी ने कहा कि तीस सितंबर को एन के सिंह की अध्यक्षता में चार दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे वित्त आयोग से यह मांग की जायेगी उन्होंने कहा कि बारहवें से चौदहवें वित्त आयोग के दौरान केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर आज मध्य रात्रि से सत्रह अक्टूबर तक के लिए गाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा हालांकि इस दौरान पैदल आने जाने वालें लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी पुल पर मरम्मत कार्यों के चलते गाड़ियों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जा रहा है जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान मोटरसाईकिल का भी परिचालन बंद रहेगा गंगा में नाव परिचालन पर भी रोक लगा दी गयी है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् ने प्रदेश के सत्ताईस निजी अस्पतालों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है इन अस्पतालों पर जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था नहीं करने का आरोप है जिन अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया गया है उसमें मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी गोपालगंज सीवान मधुबनी पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण औरंगाबाद जहानाबाद सहरसा और पूर्णियां जिले के अस्पताल शामिल हैं राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन आज राजभवन में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे बैठक के दौरान मुख्य रूप से बीएड कॉलेजों में नामांकन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्थिति को लेकर चर्चा होगी अगले साल हज यात्रा पर जाने के लिए पन्द्रह अक्टूबर से फॉर्म भरे जायेंगे सेन्ट्रल हज कमिटी और सभी राज्यों की हज कमिटियों की मुम्बई में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया आवेदन की प्रक्रिया पांच नवम्बर तक चलेगी संबंधित फॉर्म हज कमिटी डॉट कॉम पर उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इच्छुक लोग बाईस अक्टूबर तक योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन दे सकते हैं इस योजना के तहत प्रदेश के हरेक पंचायत में पांच वाहन के लिए सरकार अधिकतम एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी योजना के लिए महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कालाजार प्रभावित लोगों और ऐसे गांव को प्राथमिकता दी जायेगी ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है अगले साल होने वाली सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी औरंगाबाद जिले के गोह थाना के उपहारा मुख्य पथ पर इब्राहिमपुर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया भीड़ ने पथराव करते हुये बैरक में रखे हथियारों को लूटने का भी प्रयास किया लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों को कई चक्र हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी स्थिति अभी नियंत्रण में बतायी जाती है गुजरात के आणंद में चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की क्रिकेट टीम ने मेघालय को अट्ठानवे रनों से पराजित कर दिया है इस जीत के साथ ही बिहार की टीम चौदह अंकों के साथ प्लेट ग्रूप में पहले स्थान पर पहुंच गयी है पहले बल्लेबाजी करते हुये बिहार की टीम ने पचास ओवर में नौ विकेट पर दो सौ ग्यारह रन बनाये इसके जवाब में मेघायल की टीम बयालीस दशमलव तीन ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र एक सौ तीन रन ही बना सकी बिहार की ओर से स्पिनर समर कादरी ने पांच विकेट लिये बिहार का अगला मुकाबला कल अरूणाचल प्रदेश से होगा पूर्णिया जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के नया बाजार में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाईनेंस कंपनी की शाखा से सात लाख रुपये लूट लिये खुफिया राजस्व निदेशालय की पटना टीम ने पूर्वी चम्पारण जिले के आदापूर में एक ट्रक पर लदी तस्करी की चार टन काली मिर्च बरामद की है मौके से ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया है नवादा जिले के कौरा पंचायत के मुखिया और उनके पैक्स अध्यक्ष पति पप्पू यादव को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनामी अपराधी राकेश राय और सोनी रॉक को सीतामढ़ी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने आधार कार्ड को संवैधानिक वैधता और सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है आधार वैध पर सभी जगह जरूरी नहीं दैनिक जागरण ने लिखा है प्रोन्नति में आरक्षण की राह हुई आसान दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना एयरपोर्ट के विस्तार का काम अगले माह से शुरू होगा बहत्तर सौ से बढ़ सत्तावन हजार वर्गमीटर हो जायेगी एरिया प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है भूमि विवाद के केस निष्पादन को लेकर हर माह करें समीक्षा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है एसी फ्रीज समेत उन्नीस उत्पाद महंगे आज की सुर्खी है राजद विधायक अबू दोजाना के ठिकानों पर छापे